बिहार विधान मंडल का विशेष सत्र कल आयोजित किया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए नागरिकता कानून का पूरा समर्थन किया है आज पश्चिम बंगाल में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस कानून से पैदा हुए विवाद के कारण विश्व को पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना के बारे में पता चला है हालांकि उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि युवाओं के एक वर्ग को नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में गुमराह किया जा रहा है जबकि इस कानून का उद्देश्य नागरिकता देना है किसी की नागरिकता छीनना नहीं

किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो तय प्रक्रियाओं को तहत भारत की नागरिकता ले सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता प्रदान करने के लिए यह कानून रातों रात नहीं बनाया गया है उन्होंने कहा कि हम सभी को यह बात पता होनी चाहिए कि विश्व के किसी भी देश का किसी भी धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत और उसके संविधान में आस्था रखता है वह उचित प्रक्रिया के माध्यम से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है इसमें कोई समस्या नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी धार्मिक आधार पर प्रताडित लोगों को भारत की नागरिकता देने का समर्थन किया था और उनकी सरकार केवल स्वतंत्रता सेनानियों की इच्छाओं को पूरा कर रही है केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून में किसी की नागरिकता छीनने की नहीं बल्कि देने की व्यवस्था है श्री अमित शाह ने कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वे नागरिकता संशोधन कानून का कोई ऐसा प्रावधान बताएं जिसमें किसी की नागरिकता छिनने की व्यवस्था है उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से लोगों को जागरूक करने का यह अभियान इसलिए चलाया गया है क्योंकि विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस अधिनियम के समर्थन में पटना के फतुहा विधानसभा के तहत कई पंचायतों में जन सम्पर्क किया और विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से लोगों को सावधान रहने की सलाह दी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से देश में वर्षो से शरणार्थी का जीवन गुजार रहे लोगों को सम्मान से जीने का हक प्राप्त हुआ है श्री राय ने विपक्षी दलों पर इस कानून के प्रावधानों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आज मोतिहारी के रुलही पंचायत स्थित धरमुहाँ कॉलोनी में एक हजार से अधिक बांग्लादेशी शरणार्थियों से मुलाकात कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले पैंसठ सालों से विस्थापन का दंश झेल रहे इन शरणार्थियों को स्थाई नागरिकता प्रदान की जाएगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल ने कहा कि इस कानून से भारत के पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सम्मान से जीने का अवसर उपलब्ध कराया गया है इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे बाद में श्री राय ने पश्चिम चम्पारण के बगहा में नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंगेर में मोटरसाईकिल रैली निकाली इधर विश्व हिन्दू परिषद् के वीरेन्द्र विमल ने बताया कि परिषद पूरे प्रदेश में सोलह से उन्नीस जनवरी तक इस कानून के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी बिहार विधान सभा का एक विशेष सत्र कल आयोजित किया जा रहा है यह विशेष सत्र संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए ब्लाया गया है इस विधेयक में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को विस्तार देने का प्रस्ताव है राज्य में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने से राजद में घमासान मच गया है श्री सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को तीन दिन पूर्व एक पत्र लिखकर पार्टी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं पत्र की प्रति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद विधानमंडल दल की नेता राबड़ी देवी को भी भेजी गई है भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने राजद में मचे घमासान पर कहा है कि चुनाव में सीटों के बंटवारें पर महागठबंधन के सभी घटक दलों की राहें जूदा होंगी हिमाचल और जम्मू से आ रही सर्द पछ्आ हवा के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड का प्रकोप बना हुआ है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है आज डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया गया का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव छह और राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटो के पूर्वानुमान में बताया है कि सुबह में कुहासा छाया रहेगा दोपहर बाद ध्रप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी राजधानी पटना में ठंड के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पांचवीं तक की कक्षाओं को चौदह जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है वहीं छठी से ऊपर की कक्षाओं में पठन पाठन का कार्य दस बजे से शुरू होगा वहीं बेगूसराय में आठवीं तक की कक्षाओं को पंद्रह जनवरी तक बंद कर दिया गया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार इस साल मार्च तक सभी घरों में पाईप के जरिए नल का जल उपलब्ध करा देगी इस पर उनतीस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे श्री मोदी ने पटना में इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के बावनवे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार राज्य में भूजल दोहन पर नियंत्रण के लिए विधानमंडल में विधेयक भी लाएगी श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत दो हजार चौबीस तक देश के सभी घरों में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है रेलवे की ओर से सिपाही भर्ती चयन पर्षद की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है पटना से बरौनी के लिए विशेष ट्रेन आज रात आठ बजे खुलेगी वहीं पटना से कटिहार के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन रात दस बजे किया जाएगा स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती आज देशभर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद ने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से अवगत कराया था स्वामी विवेकानंद उन्नीसवीं शताब्दी के आध्यात्मिक गुरू रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे युवा महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में स्वामी विवेकानंद के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है

स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें कहा था अभी वर्तमान सदी भले ही आपकी है लेकिन इकीसवीं सदी भारत की होगी स्वामी विवेकानंद के उस विश्वास को उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रत्येक देशवासी को पूरी शक्ति से निरंतर काम करते रहना चाहिए राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री ने कामना की है कि सकारात्मकता और नई ऊर्जा से परिपूर्ण युवा सही मार्गदर्शन प्राप्त कर विकास की राह में देश को अग्रणी बनाऐंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना में कॉमन सर्विस सेन्टर की ओर से स्थापित आधार सेवा केन्द्र का उद्घाटन किया इस केन्द्र से लोगों को आधार रजिस्ट्रेशन और अपडेट की सुविधा मिल सकेगी इस अवसर पर सांसद राम कृपाल यादव भी उपस्थित थे बाद में श्री प्रसाद ने पटना स्थित शीतला माता मंदिर के पास गरीबों में कम्बल वितरण किया पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के भागलपुर साहिबगंज हावड़ा रेलखंड पर पीरपैंती स्टेशन के पास एक सौ चौदह वर्ष पुराने जर्जर हो चुके रेलवे के उल्टा पुल को आज सुरक्षा कारणों से ध्वस्त कर दिया गया

बिहार विधान मंडल का विशेष सत्र कल आयोजित किया जा रहा है